इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना जरूरी है

उन्होंने कहा कि इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है कार्यकम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपस्थित थे

यह ऋण ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में जमा किया गया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में निजी सेक्टर को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा कार्यकम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित थे आयुर्वेद दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पांचवें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दो आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये हैं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपूर जामनगर का आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान हाल ही में संसद के एक अधिनियम के ॅजरिए बनाया गया है यह विश्वस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में उभरेगा

जल संरक्षण इंदौर जिले में जल संरक्षण की दिषा में बड़ी पहल करते हुए षहर के मल जल का षोधन कर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा इस जल का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को षिविर लगाकर प्रोत्साहित किया जाएगा

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी धान मिलिंग कानून व्यवस्था मिलावट से मुक्ति अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की जायेगी साथ ही प्रदेश में चल रही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने त्यौहारों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने पर भी चर्चा होगी इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं

देश में संक्रमण की दर पांच दशमलव छह तीन प्रतिशत है

पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप डिजीटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी

धनतेरस रूपचौदस प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूपचौदस का पर्व एकसाथ मनाया जा रहा है हिन्द् पंचांग के अनुसार दो तिथियां एक ही तारीख में पड़ने के कारण यह स्थिति बन रही है प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस का पर्व मनाया गया आज रूपचौदस के अवसर पर वातावरण और शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है साथ ही इष्टदेव की विशेष प्रजा अर्चना की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में रूपचौदस के दिन उबटन लगाने की परंपरा भी है

उन्होंने यह पदक अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ प्रदर्शन करते हुए अर्जित किए

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इन संयंत्रों में षहर से एकत्र हरित कचरे जैसे टहनियां पत्तियां घास पत्ते लकडी खेती में बचे अवषेष आदि का निपटान कर खाद बनायी जाएगी

इस व्याख्यानमाला में स्वामी शारदानन्द सरस्वती चिन्मय इन्टरनेशनल फॉउण्डेशन वेलियानाड का प्रबोधन होगा

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी